इस कार्यक्रम में देश भर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी अमिभावक और शिक्षक भाग लेंगे प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे और कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सैनिक स्कूलों में फीस नहीं बढ़ाने का आग्रह किया ताकि इन स्कूलों में समाज के हर वर्ग के छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकें नई दिल्ली में सैनिक स्कूल संगठन की गवर्निंग बॉडी की बैठक में उन्होंने विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा करते हुए ये बात कही सुरेश भारद्वाज ने समाज के कमजोर वर्गो के विद्यार्थियों के लिए वहन करने योग्य फीस दरें बनाए रखने पर बल दिया उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से एक कमेटी गठित करने का सुझाव दिया सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है वे कल मंडी ज़िले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के सज्याओ पिपलु में कैंसर रोग जागरूकता शिविर के मौके पर बोल रहे थे

वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून बनाकर केन्द्र सरकार ने बेहतर कार्य किया है कांगड़ा ज़िले में सुलह क्षेत्र के ठाकुरद्वारा में इस कानून के समर्थन में एक रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस व अन्य विपक्षी पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए इस मुददे पर लोगों को गुमराह कर रही हैं इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा कि इस कानून के माध्यम से केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यकों की नागरिकता को सुनिश्चित बनाया है उधर चंबा में कल भाजपा द्वारा इस कानून के समर्थन में एक जागरूकता रैली निकाली गई सांसद किशन कपूर ने रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि कुछ दल देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो पूरी तरह गलत है प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम आमतौर पर साफ बना हुआ है मगर पिछले दिनों हुए भारी हिमपात के बाद राजधानी शिमला सहित जनजातीय व उपरी क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौटा है बर्फबारी वाले इलाकों में कई स्थानों पर सैंकड़ों सड़क मार्ग अवरूद्व हैं और कई इलाकों में बिजली व पेयजल आपूर्ति बाधित है इससे लोगों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है राजधानी शिमला में भी अन्दरूनी सड़कों पर फिसलने के कारण अभी भी यातायात सुचारू नहीं हो पाया है और लोगों को पैदल ही अपने गंतव्य तक पहंचना पड़ रहा है मौसम विभाग ने आज उच्च व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर वर्षा व हिमपात जबकि निचले मैदानी इलाकों में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना जताई है राज्य महिला आयोग द्वारा उना की झलेड़ा स्थित पुलिस लाईन महिला शिकायतों के निष्मदान व अन्य कानूनी पहलुओं को लेकर एक कार्यशाला लगाई गई जिसमें लगभग सौ पुलिसकर्मियों ने भाग लिया आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाकर ने कार्यशाला की अध्यक्षता करते हए कहा परिवार व समाज में यदि मां बहन पत्नी और बेटी को एक समान रूप से देखा जाए तो समाज में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार की समस्या स्वतः ही दूर हो सकती है सुर्खियां समाचार पत्रों से आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण की सुर्खी है धूप में भी नहीं पिघली मुश्किलों की बर्फ हिमाचल दस्तक के शब्द हैं लोहड़ी के दिन फिर बर्फबारी का अलर्ट

दैनिक भास्कर के अनुसार मौसम विभाग ने कहा कल से फिर बारिश बर्फबारी के लिए तैयार रहें अजीत समाचार के मुताबिक बर्फबारी से प्रदेश में हालात खराब अधिकांश सड़कें बंद बिजली पानी की सप्लाई भी प्रभावित

अखबार की एक अन्य खबर है सरकारी प्राईवेट स्कूलों के आसपास जंक फूड की बिकी पर रोक दिव्य हिमाचल की एक खबर है प्लेग पर स्वास्थ्य विभाग से जवाब तलब